निसर्ग चक्रवात की वजह से राज्य के उत्तर और मध्य भाग में कल बारिश होने की संभावना

इस फैसले से किसानों को लाम होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा आज के द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस संशोधन से अनाज तिलहन आलू प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विमागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है इस बीच केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है यह अधिसूचना एक जुलाई से लागू होगी मुख्यमंत्री सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बाद शुरू हुए उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन सहित समी उपायों का गंभीरता से पालन करने की जरूरत पर बल दिया है श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए कहा कि उद्योगों के संचालन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए साथ ही स्थानीय श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को बढ़ावा दिया जाए मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान उद्योगों की समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया बैठक में उद्योगपतियों ने भू खंडों को फ्री होल्ड करने के नियमों में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया उद्योगपतियों ने भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और उद्योगों के लिए जलकर की दरों के संबंध में भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षिक कराया सिंहदेव स्किल मैपिंग राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग कराई जाएगी हाल ही में राज्य के विभिन्न जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों के कौशल और उनकी दक्षता का पता लगाकर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए

उन्होंने राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की बैठक में कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाए जा रहे विशेषीकृत अस्पतालों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए श्री सिंहदेव ने संदिग्ध संक्रमितों की जांच के लिए बिलासपुर अंबिकापुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में लैब की स्थापना के काम में तेजी लाने कहा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए प्रदेश में दस अस्पतालों में दो हजार बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है रायपुर के एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में पांच पांच सौ वहीं जगदलपुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में दो दो सौ तथा माना बिलासप्र कोरबा रायगढ और अंबिकाप्र में सौ सौ बिस्तरों पर कोरोना संक्रमितों के इलाज के इंतजाम किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश के एक सौ पंद्रह आइसोलेशन वार्ड में भी पांच हजार पांच सौ पंद्रह बिस्तर हैं जहां कोरोना मरीजों का उपचार किया जा सकता है पीडीएस निर्देश प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत जिन उपभोक्ताओं को अप्रैल मई में खाद्यान्न सामग्री नहीं मिली है उन्हें जून महीने में एक साथ खाद्यान्न मिलेगा इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि किन्हीं कारणों से पीडीएस की दुकानों से चना गुड़ और नमक नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को इस महीने एक साथ अप्रैल मई और जून माह का खाद्यान्न दिया जाएगा इस संबंध में राशन दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं इस्पात मंत्री चर्चा केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भिलाई के इस्पात फैब्रिकेटरों के साथ चर्चा की इस चर्चा में भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास इस्पात फैब्रिकेटरों का समूह स्थापित करने पर विचार किया गया इस अवसर पर इस्पात मंत्री ने कहा कि स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर के विकास की यह संकल्पना इस क्षेत्र में सुक्ष्म लघू और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगी

श्री प्रधान ने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत बनाने की भावना के अनुकूल भी है श्री प्रधान ने चर्चा के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ को दूर्ग जिले में स्टील फैब्रिकेटर की स्टील प्लेट की जरूरतों को पूरा करने और इस तरह की खरीद के दौरान आर्न वाली किसी मी समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया श्री प्रधान ने पुल निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा की प्रवासी बच्चे दाखिला प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य के सभी शालाओं की प्रबंधन सभितियों से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूलों में दाखिला देने की अपील की है उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रमिक परिवार वापस अपने गांव लौट रहे हैं इन श्रमिक परिवारों को गांव के बाहर के स्कूलों छात्रावासों और आश्रमों में क्वारेंटाइन किया गया है ताकि गांव में संक्रमण न फैलें उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक परिवारों में स्कूल जाने योग्य बच्चे भी हैं जिन्हें इस वर्ष स्कूल में प्रवेश दिलाना जरूरी है उन्होंने कहा कि दस्तावेज के अभाव में किसी बच्चे को स्कल में दाखिला देने से वंचित न रखा जाए

प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित चौंतीस नए मरीज मिले हैं बलौदाबाजार जिले में बाईस कोरोना मरीज भिलने की पृष्टि हुई है इनमें एक स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल है इधर कोरिया जिले के पटना में आठ कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं ये सभी प्रवासी श्रमिक हैं वहीं जांजगीर चांपा जिले में दो तथा बिलासपुर और बलरामपुर में एक एक नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की संख्या पांच सौ पंचानवे और एक्टिव केसों की संख्या चार सौ बासठ हो गई है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक और मौत हो गई है बताया जाता है कि भिलाई निवासी एक महिला को गंभीर हालत में रायपूर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई महिला की मौत के बाद लिए गए सैंपल में उसे कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई है इधर महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड के कलेंडा गांव भें क्वारेटाइन सेंटर में रह रही एक महिला की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार तबीयत खराब होने पर महिला को सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहां जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया महिला में किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं थे हालांकि उसका सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया है उधर जांजगीर चांपा जिले के बोरसी गांव में क्वारेंटाइन सेंटर से लौटे एक युवक की मौत हो गई बताया जाता है कि यह युवक क्वारेंटाइन सेंटर में चौदह दिन रहकर बीते इकतीस मई को घर पहुंचा था कोरोना जिला प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम और जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं अंबिकापुर जिले में आज से व्यटी पार्लर और सैलन खोलने के साथ ही सिटी बस चलाने की अनुमति भी प्रशासन ने दे दी है

इधर महासमुंद जिले में पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों को दो गज की दूरी बनाकर रहने तथा आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की अपील की इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन का हौसला बढाने के लिए पृष्पवर्षा भी की उधर जांजगीर चांपा जिले में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ठेला गुमटी खोलने की अनुमति दी गई है दो ठेलों के बीच कम से कम बीस फीट की दरी रखने और ठेले की संख्या अधिक होने पर ऑड ईवन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ठेले के पास मुंह धोना थूकना और गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पान गुटखा और तम्बाक का उपयोग किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी इसी तरह कोंडागांव जिले में मी ठेले और गमटियों को खोलने की अनुमति दे दी गई है ठेले और ग्रमटियां सुबह सात बजे से शाम छह तक खोले जाएंगे विक्रेता और क्रेता दोनों को मास्क लगाना आवश्यक होगा साथ ही प्रत्येक ठेले और गुमटियों में केवल टेकअवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है वहीं रायगढ़ जिले में पुलिस बल के साथ कोरोना योद्वा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे एनसीसी कैंडेटों का सम्मान किया गया इन्हें प्रशंसा पत्र और प्रस्कार देकर सम्मानित किया गया ये कैडेट बीते दो मई से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इधर बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने आज जिले के बिल्हा और मस्तूरी में प्रवासी मजदूरो के लिए बनाए गए क्वारेटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया उन्होंने इन सेंटरों में भोजन पानी शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी इस बीच राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क चावल और चना प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है आवेदन करने पर पात्र श्रमिकों को दस किलो चावल और दो किलो चना निःशुल्क दिया जाएगा एम्स प्लाज्मा रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों का प्लाज्मा एकत्रित करना शुरू करे दिया गया है इसे सुरक्षित रखकर बाद में इसके जरिये कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों का उपचार किया जा सकेगा इसके लिए ब्लड बैंक में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं एक माह में एक प्लाज्मादाता पांच सौ एमएल तक प्लाज्मा दे सकता है फिलहाल ठीक हो चुंके एक मरीज ने अपना प्लाज्मा एम्स में दिया है श्रमिक स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ राज्य में फंसे उत्तरप्रदेश के श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए परसों पांच जून को रायपुर रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन बस्ती उत्तरप्रदेश के लिए रवाना होगी यह ट्रेन उत्तरप्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर वापस भी लौटेगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार यह श्रमिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पांच जून को शाम सात बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर बिलासपुर कटनी संतना मानिकपुर प्रयागराज फतेहपुर कानपुर लखनऊ बाराबंकी और गौड़ा होते हुए छह जून को उत्तरप्रदेश के बस्ती पहुंचेगी इस गाड़ी में अट्ठारह स्लीपर कोच चार सामान्य कोच और दो अन्य कोच सहित कुल चौबीस कोच रहेंगी मनरेगा छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश में एक वर्ष के लक्ष्य का सैंतीस फीसदी काम पूरा कर लिया है इसके अलावा अप्रैल और मई महीने के लिए निर्घारित लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में एक सौ पचहत्तर प्रतिशत काम हुआ है वहीं दो माह के भीतर सर्वाधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने भें छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है चालू वित्तीय वर्ष में अब तक पच्चीस लाख संतानवे हजार ग्रामीण श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है इस दौरान करीब ग्यारह सौ करोड़ रूपये का मजदूरी भूगतान भी किया गया है वर्तमान में प्रदेश की दस हजार एक सौ पचपन ग्राम पंचायतों में चवालीस हजार से अधिक कार्य चल रहे हैं गौरतलब है कि प्रदेश में मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत तेईस दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत सोलह दिन है इस मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में शीर्ष पर है बिजली बिल कौशिक बयान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिजली बिल के मामले में प्रदेश सरकार पर अपने बयान से पलटने का आरोप लगाया है प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को दौरान दो माह का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी उसके बाद भी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई राशि का बिल थमाया गया श्री कौशिक ने प्रदेश सरकार से दो माह के बिजली बिल की वसूली रोकने और बिजली बिल माफ करने की मांग की है उन्होंने कहा कि दो महीने का बिजली बिल यदि माफ नहीं किया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने को आसार हैं रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि निसर्ग चक्रवात की वजह से कल उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है इस बीच आज दोपहर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में कमी आई है संक्षिप्त समाचार गरियाबंद जिले के गंजईपुरी गांव में हाथियों के हमले में एक युवक की मौत हो गई वहीं दूर्ग जिले के डबरापारा पुल पर आज दोपहर हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई